जैसलमेर में अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त मरू महोत्सव आज से शुरू हुआ

प्रधानमंत्री के जवाब के बाद सदन ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी

श्री मिश्र ने पश् विज्ञान वैज्ञानिकों का आव्हान किया कि वे मिलजुल कर ऐसे प्रयास करे कि अंतिम छोर पर बैठे ग्रामीण पशु पालकों को सुविधाओं का पूरा लाभ मिल सके

श्री गहलोत ने इस बारे में केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को पत्र लिखा है

र्बैठक में आगामी बजट को लेकर विभिन्न व्यापारिक संगठन अपनी राय रखेंगे

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अभय शर्मा ने आकाशवाणी को बताया कि बजट में यात्री सुविधाओं और रेल सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है

श्री शर्मा ने यह बताया कि फूलेरा स्टेशन पर एक सेंट्रलाइज्ड ट्रेफिक कंट्रोल सिस्टम बनेगा जो जयपुर अजमेर सैक्शन को सैंद्रलाइज्ड तरीके से मॉनिटर करेगा